धार्मिक स्थल होटल रेस्तरां आतिथ्य सेवा और शॉपिंग मॉल आठ जून से खुलेंगे कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन तीस जून तक यथावत जारी रहेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर देशवासियों को पत्र लिखा कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से दो सौ इकतालीस मरीज स्वस्थ हुए

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में प्रतिबंधित गतिविधियां चरणबद्व तरीके से फिर खोलने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं कंटेनमेंट क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन तीस जून तक बढ़ा दिया गया है लेकिन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन क्षेत्रों से बाहर चरणबद्व तरीके से लॉकडाउन खोलने की अनुमति होगी नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत पहले चरण के दौरान आठ जून से पूजा स्थलों होटलों रेस्त्राओं और अन्य आवभगत सेवाओं तथा शॉपिंग मॉल्स में लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह मशविरा करने के बाद स्कूल कॉलेज शैक्षिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर विचार किया जाएगा नये दिशा निर्देशों के अनुसार देशभर में केवल कुछ ही गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा इनमें अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा मेट्रो रेल का परिचालन सिनेमा हॉल जिम तरणताल मनोरंजन पार्क रंगमंच बार और सभागार तथा अन्य इसी तरह के स्थल शामिल हैं सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन साहित्यिक सांस्कृतिक धार्मिक और अन्य भीड़ वाले सम्मेलन भी प्रतिबंधित होंगे तीसरे चरण में स्थिति का आकलन करने के बाद इन गतिविधियों को खोलने की तिथि के संबंध में निर्णय किया जाएगा सरकार ने कल से राष्ट्रव्यापी पूर्णबन्दी खोलने के पहले चरण की घोषणा कर दी है लॉकडाउन का चौथा चरण आज समाप्त हो रहा है राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा निर्धारित कंटेनमेन्ट जोन को छोड़कर देश के बाकी क्षेत्रों में कल से लॉकडाउन खोलने का पहला चरण शुरू होगा ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक क्छ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी बाकी गतिविधियां आठ जून से चरणबद्ध ढंग से खोली जाएंगी कल से राज्यों में और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा लेकिन राज्य सरकारों को इस सम्बंध में नियम बनाने की छूट होगी कंटेनमेन्ट जोन में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर तीस जून तक सम्पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा पैंसठ वर्ष से अधिक अन्य बीमारियों से जूझ रहे व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है गृह मंत्रालय ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष प्रा होने के अवसर पर कल देशवासियों को पत्र लिखा प्रधानमंत्री ने पत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने में देश का संकल्प दोहराया देशवासियों की आशाओं आकाँक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया एक और जहां अत्याधनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है श्री मोदी ने कहा कि जनता ने यह साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और सम्पन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी नहीं हुई उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों प्रवासी कामगारों लघू उद्योगों के शिल्पकारों दस्तकारों हॉकरों और अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है श्री मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्व होकर काम कर रहे हैं श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि वक्त की यह जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर बनें और हमें अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार के कुछ फैसलों की व्यापक चर्चा हुई और वे सार्वजनिक विचार विमर्श का केन्द्र रहे उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को निरस्त करने से राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की भावना ज्यादा मजबूत हुई बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वामाविक है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्र में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान ऐतिहासिक फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त कर सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लाकर सरकार ने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदाय को सम्मानजनक जीवन जीने का आधार दिया साथ ही तीन तलाक की प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हआ है श्री योगी ने कहा कि कोरोना के विरूद्व संघर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतत्व में राष्ट्र वैश्विक पटल पर लीडर के रूप में उभरा है

मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह पैंसठवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समुचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी के प्रादेशिक केंद्रों से कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में शाम आठ बजे पुनर्प्रसारण किया जाएगा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो सौ इकतालीस मरीजों को स्वस्थ हो जाने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई अब तक राज्य में चार हजार छः सौ इक्यावन मरीज बीमारी से ठीक हुए हैं कल दो सौ बासठ लोगों में संक्रमण की पृष्टि हुयी जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर सात हजार सात सौ एक हो गई है प्रदेश में कल बारह मरीजों की मृत्यु के बाद मृतकों की तादाद दो सौ तेरह पहुंच गई है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार आठ सौ सैंतीस है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि अमेठी जिले में सर्वाधिक तैंतालीस नए मरीज मिले हैं जिसके बाद यहां संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर एक सौ बत्तीस हो गई है गौतमबुद्द नगर में तेईस गाजियाबाद में सत्रह मुरादाबाद कन्नौज में बारह बारह मेरठ बस्ती में ग्यारह ग्यारह और बागपत में दस लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुयी है देश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के रोगियों की संख्या एक लाख तिहत्तर हजार सात सौ तिरसठ हो गई है लेकिन एक अच्छी बात यह है कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़ कर सैंतालीस प्रतिशत से अधिक हो गई है अमी तक बयासी हजार तीन सौ सत्तर रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है प्रदेश के कई इलाकों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि से बड़ी संख्या में जानमाल का नुकसान हुआ है कन्नौज जिले में तूफान के कारण बड़ी तादाद में पेड़ उखड़ गए और बिजली के खम्भे टूट गए कई स्थानों पर दीवार ढहने से मकानों के क्षतिग्रस्त होने के भी समाचार हैं जिले में तूफान से अलग अलग घटनाओं में पांच लोगों की मृत्यु हुयी और पैंतीस से ज्यादा लोग घायल हुए कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र के अझुआ में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और एक बच्ची झुलस गई जौनपुर जिले के जाफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर बधवा में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और चार अन्य झुलस गए इस प्राकृतिक आपदा में पांच जानवर भी मारे गए पीलीभीत के कुर्रेया में आकाशीय बिजली गिरने से एक पेड़ के नीचे बैठे नौ मजदूर झुलस गए इनमें से तीन की हालत गम्भीर बनी हुयी है